इसलिए समी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है केन्द्र सरकार ने बढती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बरबादी पर रोक लगाएं इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा रहा है राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारु रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके